सेना के जवानों ने बैण्ड वादन और शस्त्र उल्टे कर शहीद को सलामी दी शहीद की अंतिम यात्रा को दौरान सड़क के किनारे खडे लोगों ने पुष्पवर्षा की

अपने श्रद्वाजंलि संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को शहीद के बलिदान पर गर्व है और राजस्थान देश की रक्षा के मामले में हमेशा अग्रणी रहा है

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अपने राज्य में रेल जाना चाहते है उनके रेल यात्रा किराये का भुगतान तथा सड़क मार्ग से जाने वालों को राजस्थान की सीमा तक बस से मुफ्त पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के जरिये इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि संकमण से बचाव के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों और श्रमिकों को आवश्यक रूप से क्वारेंटीन में रहना होगा

जयपुर से इन्हें विशेष ट्रेन से बिहार भेजा जायेगा फसल कटाई के लिए आये ये मजदूर लॉकडाउन होने के कारण यहां फंस गये थे बाडमेर जिले में भी अब तक दस हजार से ज्यादा प्रवासी आ चुके है साथ ही जिले से अन्य राज्यों के करीब ढाई हजार लोगों को उनके गृह राज्य जाने के लिए अनुमति दी गई है

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने बताया कि सात हजार तीन सौ से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों में भी काम शुरू कर दिया गया है राज्य की लगभग सभी सीमेंट फैक्ट्रियां फिर से शुरू हो गई है जहां पर श्रमिक संकमण से बचाव के उपाय अपनाते हुए काम में जुटे है

कल गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आंतकवाद बेबुनियाद खबरें और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे है

मौसम के इस प्रकोप से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया और कई जिलों में जानमाल के नुकसान की खबर है टोंक जिले के देवली भांची गांव में टिनशेड उडकर गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई सवाईमाधोपुर में भी लगातार दूसरे दिन मौसम में बदलाव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया इधर राजसमंद के मालीखेडा गांव में भी तेज हवाओं के कारण पेड गिरने से एक महिला की मौत हो गई करौली जिले में एक गौशाला में कई गायों की मौत हो गई और कई स्थानों पर बिजली के खम्मे उखड गये